ऐसे में प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों के बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं वे आज चम्बा बिलासपुर और नाहन में आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे रैली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे वहीं हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बिलासपुर में कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर चंबा में शिमला से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप नाहन में आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली में अमित शाह के साथ उपस्थित रहेंगे इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोलन के ठोडो मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे है

दूसरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे सुन्नी और गुम्मा में जनसभाएं करेंगे और अलग अलग स्थानों पर बैठकें कर कार्यकर्त्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश देंगे मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बटवाड़ा धवाल तनेली सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे

मंडी जिले की समामाह पंचायत में कल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया जिला व सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने शिविर की अध्यक्षता की और लोगों से मामले आपसी तालमेल से निपटाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जहां लोग कानूनी मुकद्दमों पर आने वाले खर्च से बच सकेंगे वहीं आपसी भाईचारे की भावना को भी बल मिलेगा प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं वहीं जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई जबकि किन्नौर जिले में कल रात बारिश का समाचार है मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है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

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल के नतीजों में होगी देरी पोस्टल बैलेट पेपर वीवीपैट मिलान से मध्य राखि तक खिसकेगा लोकसभा चुनाव परिणाम दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल में आज गरजेंगे भाजपा के शाह आपका फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है शिक्षण संस्थान बंद किए तो चुप नहीं बैठेंगे दैनिक सवेरा टाईम्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है पहले बेटे के लिए और अब पोते के लिए रो रहे है सुखराम अखबार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र के हवाले से लिखता है पित्रोदा सिख दंगों पर बयान देकर जख्मों पर नमक छिड़का

मौसम से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है पहाड़ों पर बर्फबारी शिमला के साथ क्षेत्रों में ओलावृष्टि पांच दिन तक बिगड़े रहेंगे मौसम के मिजाज दैनिक भास्कर के शब्द हैं किन्नौर में चार इंच बर्फबारी शिमला में गिरे ओले सेब की फसल को नुकसान